भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों द्वारा एम्स गंगाराम राममनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करके सेना ने स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया सुखोई मिग उत्तीस और जग्आर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाईपास्ट करके देश के कोरोना योद्वाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा भी प्री की नरेला में कोविड नाइन्टीन क्वारंटाइन केंद्र पर भारतीय सेना के योद्वाओं ने सेना की बैंड की धून पर देश के कोरोना योद्वाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये व्यक्त किया कि इस योगदान के लिए सारा देश आज एक ही धुन में कोरोना योद्वाओं के साथ खड़ा है तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड नाइन्टीन महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया पुलिस कर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉटर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि तीनों सशस्त्र सेनायें कोरोना योद्वाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करेंगी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 केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाए दी हैं उधर प्रदेश में कोरोना योद्वाओं को अनेक प्रकार से धन्यवाद दिया जा रहा है कोविड नाइन्टीन महानारी के खिलाफ ये लोग नायक की तरह मानव कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान जब देश के अधिकतर लोग घरों में है हमारे डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी पुलिसकर्मी सफाईकर्मी और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने वाले लोग दिन रात काम में लगे हैं कोरोना योद्वाओं के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लोग कभी पृष्प वर्षा कर रहे हैं कभी ताली बजा रहे हैं और अपनी अपनी तरह से नमन कर रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टरों ने लखनऊ में आज सवेरे ऐसे समी कोरोना योद्वा डॉक्टरों नर्सों सफाईकर्मियों और अन्य लोगों पर पृष्प बरसाकर अपना आभार व्यक्त किया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइस के परिसरों में इन लोगों पर आकाश से पृष्प वर्षा की गई वाराणसी मेरठ और राज्य के अन्य स्थानों पर आज इसी प्रकार कोरोना योद्वाओं का स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया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 श्री मोदी ने कम्पनी प्रशासन ऋण बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी श्रमिकों को वापस ला रही है महाराष्ट्र के नासिक से आठ सौ सैंतालीस प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज सुबह लखनऊ पहुँच गई जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनसे मुलाकात की और मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें राज्य परिवहन निगम की तीस बसों से उनके गृह जनपदों को भेज दिया गया इन श्रमिकों को संबंधित जिलों में भेजने से पहले उन्हें सोशल डिस्टॅसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए एक दूसरी विशेष ट्रेन एक हजार एक सौ चार श्रमिकों को लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी से गोरखपुर के लिए कल रात प्रस्थान कर चुकी है साबरमती और अन्य स्थानों से भी विशेष ट्रेनें श्रमिकों को लेकर आएगी राज्य सरकार ऐसी और रेलगाडियां चलाने के बारे में संबद्ध अधिकारियों से बातचीत कर रही है विश्व भर में आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है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 केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आए उस दाये को कल खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सभी राशन कार्ड्वारकों को पचास हजार रुपये का एक राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है पत्र सुचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है लोगों को व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क जमा कराने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से सावधान रहने को भी कहा गया है